मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा बजट में राज्यवासियों के हितों की हुई है अनदेखी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के लिए समाज में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने पर दिया जोर पार्टी सांसदों के साथ की बैठक दुमका की एक अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा वित्त मंत्री डॉ रामेष्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए छियासी हजार तीन सौ सत्तर करोड़ रूपये का बजट पेष किया इसमें तेरह हजार करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए और तिहतर हजार तीन सौ पंद्रह करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए है इस बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए सात दषमलव दो प्रतिषत विकास दर रहने का अनुमान जताया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करेगी इस बजट में छात्राओं को मुफ्त तकनीकी षिक्षा देने मोबाइल पषु चिकित्सा क्लिनिक षुरू करने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को पचास हजार रुपये की अतिरिक्त राषि देने पचास हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ने जनजातीय विष्वविद्यालय खोलने झारखंड आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने पचास प्रखंडों में कलस्टर योजना की षुरूआत करने बीपीएल और एपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा तथा आठ लाख रूपये तक सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हर जिले के एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए दो सौ चालीस करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा पेष किये गये बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट बताया है श्री सोरेन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष का बजट गरीब किसान और बेरोजगार युवाओं को समर्पित है

भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार द्वारा पेष बजट से आम लोगों को निराषा हुई है

उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यदि लोग कुछ एहतियाती उपाय करें तो इस वायरस पर काबू पाया जा सकता है

श्री मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के सांसदों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है कोडरमा जिले में जिला प्रषासन की ओर से बीस आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना बनायी जा रही है

विषेष न्यायाधीष तौफीकल हसन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक माह के अंदर स्पीडी ट्राईल के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची से प्राप्त सूचना के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले चार दिनों तक आसमान में बादल छाये रहने की संभावना है